साठ अन्य करोड़पति प्रत्याशी भी जांच के दायरे में

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मनोनीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बीच गहन विचार विमर्श का दौर जारी है कल नई दिल्ली में दोनों नेताओं की इस मुद्दे पर लम्बी बातचीत हुई प्राप्त जानकारी के अनुसार एनडीए के घटक दलों को जीती गयी सीटों के आधार पर अनुपातिक रूप से मंत्रिमंडल में जगह दी जायेगी इसके लिए सभी घटक दलों के पार्टी अध्यक्षों से सम्भावित मंत्रियों के नाम भी मांगे गये हैं माना जा रहा है कि इस बार पिछली सरकार के प्रमुख सदस्यों को मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी साथ ही पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों से चुने गये सदस्यों को भी मंत्री पद दिया जा सकता है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विपक्ष के बड़े नेताओं को पराजित करने वाले नेताओं के नाम भी मंत्रिपरिषद के लिए चल रहे हैं इधर लोजपा ने स्पष्ट किया है कि पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान पार्टी प्रतिनिधि के तौर पर मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे जनता दल यूनाईटेड भी पहली बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होगा इस संबंध में जदयू संसदीय दल की आज नई दिल्ली में बैठक होगी बैठक में पार्टी अध्यक्ष और मूख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ सभी नवनिर्चाचित सांसद शामिल होंगे लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के खराब प्रदर्शन पर पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजप्रताप यादव ने कहा है कि पार्टी के सभी उम्मीदवारों को एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करते हुये ईमानदारी से अपनी हार की समीक्षा करनी चाहिए श्री यादव ने तेजस्वी प्रसाद यादव को लिखे पत्र में कहा है कि पार्टी को एक जुट होकर विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए इधर हार की जिम्मेवारी लेते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने संगठन के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है राजद विधायक ने कहा है कि वह सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करते रहेंगे आयकर विभाग ने प्रदेश के सभी चालीस नवनिर्वाचित सांसदों की सम्पत्तियों की जांच शुरू कर दी है साथ ही चुनाव में खड़े साठ अन्य करोड़पति प्रत्याशियों की भी सम्पत्तियों की जांच शुरू हो गयी है विभाग छह महीने के अन्दर जांच पूरी कर संबंधित रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपेगा

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन प्रत्याशियों ने अपनी चल अचल सम्पत्ति की गलत जानकारी दी है या सम्पत्ति के हिसाब से टैक्स नहीं देते हैं उनसे जुर्माने के साथ टैक्स की वसूली की जायेगी बह्चर्चित अलकतरा घोटाला मामले में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को तीन तीन साल कैद और एक लाख पन्द्रह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है तीनों दोषी अविभाजित बिहार के सिमडेगा स्थित ग्रामीण कार्य विभाग में इंजीनियर के पद पर पदथापित थे विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत ने जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोप में उपेन्द्र कुमार सिंह उमेश पासवान और राजबली राम को दोषी पाते हुये सजा सुनाई है तीनों नालंदा जिले के रहने वाले हैं चारा घोटाला में डोरंडा कोषागार से लगभग साढ़े पांच करोड़ रूपये अवैध निकासी के मामले में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में तीन आरोपियों के बयान दर्ज किये गये हैं इस मामले आज भी तीन अन्य आरोपियों के बयान लिये जायेंगे इसके साथ ही चाईवासा कोषागार से सैंतीस करोड़ रूपये से अधिक निकासी के मामले में सत्रह आरोपियों पर अदालत आज अपना फैसला सुना सकती है राज्य सरकार ने पंचायत सरकार भवन बनाने का अधिकार मुखिया को दे दिया है साथ ही भवन के लिए जमीन तलाश करने की जिम्मेवारी भी मुखिया को भी दी गयी है पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि इसके लिए संबंधित पंचायत के मुखिया को एक करोड़ चौदह लाख रूपये की राशि दी जायेगी मौसम विभाग ने पटना और गया में अगले दो दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की है विभाग ने कहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की ओर से आने वाली गर्म हवा के कारण अगले अड़तालीस घंटों तक मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होगा आज गया का अधिकतम तापमान पैंतालीस और पटना का चौवालीस डिग्री सेल्सियस रहने की सम्भावना जतायी गयी है दो जून से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है जिससे तापमान में कुछ गिरावट आयेगी राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने कहा है कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कई पहल किये गये हैं अकादमिक और परीक्षा कैलेंडरों के अनुसार परीक्षा का आयोजन और परीक्षा फल का प्रकाशन किया जा रहा है श्री टंडन छपरा में जेपी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस के जरिए पैसा भेजने का समय बढ़ाकर शाम छह बजे तक कर दिया है रिजर्व बैंक ने जारी एक अधिसूचना में कहा कि यह व्यवस्था एक जून से प्रभावी होगी इससे पहले आम लोगों के लिए आरटीजीएस से धन अंतरण की सुविधा शाम साढ़े चार बजे तक ही थी राज्य सरकार ने समस्तीपुर सीतामढ़ी और भोजपुर के जिलाधिकारी समेत भारतीय प्रशासनिक सेवा के सात अधिकारियों का तबादला कर दिया वहीं भारतीय पुलिस सेवा के भी आठ अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया गया है कैमूर जिले के सुलतानपुर गांव निवासी कमल नयन चौबे झारखंड के नये पुलिस महा निदेशक होंगे उनके नाम पर अंतिम मुहर लग गयी है उन्नीस सौ छियासी बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री चौबे अभी बीएसएफ के एडीजी ऑपरेशन के पद पर तैनात हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दो हजार उन्नीस का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है अभ्यर्थी एनटीए नेट डॉट एनआईसी डॉट इन से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं परीक्षा का आयोजन बीस से अठाईस जून के बीच होगा वैशाली जिले के महनार बाजार में हथियारबंद अपराधियों ने एक निजी फाईनांस कम्पनी के दो कर्मियों से आठ लाख चौंतीस हजार रूपये लूट लिये वहीं गोपालगंज जिले के मीरगंज में अपराधियों ने एक कपड़ा व्यवसायी के कर्मी से हथियार के बल पर पांच लाख रूपये लूट लिये

वहीं जिले के बेरिया थाना क्षेत्र अन्तर्गत तुमकड़िया से पुलिस ने बीस हजार रूपये के जाली नोट और नोट छापने वाले समानों के साथ चार धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर जिला व्यवहार न्यायालय परिसर से पेशी के दौरान एक कैदी फरार हो गया फरार कैदी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी की जा रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने नई सरकार के गठन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है मोदी शाह ने मंत्रियों के नाम पर मंथन किया अखबार की एक अन्य सुर्खी है राहुल फिलहाल पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे दैनिक जागरण लिखता है हार को लेकर परिवार पर उठे सवाल तो राजद ने एनडीए पर चलाये तीर दैनिक भास्कर की सुर्खी है ममता के दो सीपीएम का एक विधायक भाजपा में दावा सात चारणों में चालीस विधायक आयेंगे प्रभात खबर ने प्रदेश में जल संकट पर हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह देते हुये लिखा है एक सीमा के बाद भू गर्भ जल के उपयोग पर लगेगी रोक राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है संजय झा व राधामोहन शर्मा का निर्विरोध निर्वाचन तय आज लिखता है इंटर कम्पार्टमेंटल में बयासी दशमलव चार दो प्रतिशत उत्तीर्ण

साठ अन्य करोड़पति प्रत्याशी भी जांच के दायरे में